मोदी विदिशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विदिशा और जबलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य का चुनाव है एक तरफ हम इन चुनावों में अपने कामों का हिसाब लेकर आये हैं वहीं कांग्रेस के पचपन सालों का कुशासन भी आप लोगों को याद है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास के मुददे पर चुनाव नहीं लड़ा उसके राज्य में न सड़कें थीं न बिजली थी

उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य के बजट को दस गुना बढ़ाया है वहीं सकल घरेलू उत्पाद में सात गुना वृद्धि हुई है

श्री मोदी ने राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर इस प्रदेश को समृद्ध राज्य बनायेगें शिवराज सभा मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले पन्द्रह सालों में उन्होंने प्रदेश के विकास में कोई कुसर नहीं छोड़ी है राज्य को बीमारू राज्य की स्थिति से बाहर निकालकर पहले विकासशील और अब विकसित राज्य बनाया गया है बैतूल जिले के मासौद और आमला में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनायें बनाई हैं जिनका लाभ भी उन्हे मिल रहा है श्री चौहान ने लोगों से आहवान किया कि वे जाति पांत की भावना से उठकर मतदान करें ताकि प्रदेश को एक समृद्ध राज्य बनाया जा सके उन्होंने मण्डलेश्वर मुण्डी पंजापुर बरोठा महिदपुर बड़ोद आलोट जावरा और नागदा में भी सभाओं को संबोधित किया मतदान सुरक्षा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जगह जगह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल कान्ताराव ने आज पत्रकारों को बताया कि सुरक्षा के लिए आयोग को दो हैलीकाप्टर एक एयर एम्बूलेन्स और बीस सेटेलाइट फोन दिये गये हैं उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में एक लाख अस्सी हजार जवानों को तैनात किया गया है इनमें मध्यप्रदेश पुलिस होमगार्ड केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों के जवान शामिल हैं इनमें करीब नब्बे प्रतिशत जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया जा चुका है

निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर राज्य की सीमा पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है

उन्होंने आज बैतूल जिले के आठनेर में जनसभा को संबोधित करते हए कहा कि प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं तमाम घोषणाओं के बाद भी किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिले हैं कमलनाथ ने पार्टी के चुनाव घोषणापत्र का जिक करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ किया जायेगा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जायेगा चुनाव प्रचार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा इससे पहले आज सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभायें कीं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सागर जिले की नरियावली और मुरैना जिले की अम्बाह और ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा क्षेत्र में सभाओं को संबोधित किया वहीं उमा भारती ने होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा रायसेन जिले के देवरी उदयपुरा सिलवानी में चुनावी सभायें की केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगर मालवा जिले की सुसनेर मंदसौर जिले के श्यामगढ़ और नीमच के जीरण चुनाव सभा को संबोधित किया भाजपा की स्टार प्रचारक हेमामालिनी ने राजगढ़ जिले के माचलपुर पचोर होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में सभायें लीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद ज्यातिरादित्य सिंधिया ने शिवपूरी कोलारस और विजयपूर में सभाओं को संबोधित किया वहीं सचिन पायलट ने राजगढ़ जिले के खिलचीपुर और सुसनेर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह के साथ सभाये की उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनगर जतारा और टीकमगढ़ में चुनावी सभायें की मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत का मूल प्राण राजनीति नही हैं और न ही राजशक्ति है देश का मूल प्राण समाज नीति और समाज शक्ति है राजनीति समाज के हजारों पहलुओं में से एक है समाज में राजनीति ही सब कुछ हो जाये यह स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है भारत जैसे विशाल देश के उज्जवल भविष्य के लिए जनसामान्य की प्रतिभाओं और पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले यह सबका सामूहिक दायित्व है श्री मोदी ने कहा कि समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले युवा हैं उन्हें अभिव्यक्ति के लिए खुला वातावरण दें तो देश में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है उन्होंने कहा कि संविधान में अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है यदि इन दोनो चीजों का तालमेल हो तो देश को और अधिक आगे ले जाया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी मन की बात के पचासवें संस्करण में प्रधानमंत्री ने रेडियो की भूमिका को भी सराहा

सभी राजनैतिक दलों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कोल ने बताया कि स्टार प्रचारक के विमान और हेलीकॉप्टर यात्रा व्यय पर हुए खर्चे को अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा

उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक नेता दलीय प्रचार से हटकर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार प्रसार करता है तब उस कार्यक्रम पर किया गया खर्च भी उम्मीदवार के खाते में शामिल किया जायेगा दलों और आयोजकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम सुरक्षा प्रबंध को ध्यान में रखते हए सरकारी एजेन्सियों द्वारा बैरीकेट या मंच इत्यादि का निर्माण किया जाता है यह खर्च भी उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा यदि उस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होते हैं तो उनका व्यय भार समान रूप में बांटा जायेगा

शहडोल जिले में दिव्यांगों के लिए भी उचित व्यवस्थायें की गई हैं

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश जारी किये गये हैं संविधान दिवस पर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़कर सुनाया जायेगा इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में संविधान के प्रति जागरूकता के लिये निबंध वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण के कार्यक्रम आयोजित होंगे इज्तिमा इकहत्तरवें अंतर्राष्ट्रीय तब्लीगी इज्तिमे का आज अमन चैन की द्आ के साथ समापन हो गया भोपाल में तीन दिन तक चले इस धार्मिक समागम में उलेमाओं ने दीनी तकरीरों में लोगों से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुलकर काम करने का अहद दिलाया इस समागम में बांग्लादेश इण्डोनेशिया मलेशिया श्रीलंका आस्ट्रेलिया कनाडा समेत देश विदेश की एक हजार दो सौ से अधिक जमाते शामिल हुईं इज्तिमे के समापन के साथ ही इन जमातों का लौटना शुरू हो गया है

इस दौरान लोगों से मतदाता शपथ रजिस्टर पर हस्तक्षर कराये जा रहे हैं

इस अवसर पर सागर में विश्वविद्यालय सहित कई जगह कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे